उच्चतम न्यायालय मोटर वाहन उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सड़क यातायात अपराधों में मोटर वाहन अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड़ संहिता के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है शीर्ष न्यायालय ने सड़क द्र्घटना के दोषियों पर केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग चलाने का गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया भारतीय दंड संहिता के तहत मोटर वाहन दुर्घटना के दोषियों की सजा मोटर वाहन अधिनियम की तुलना में अधिक सख्त है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप मिलनी चाहिए और इनका नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ठोस असर पड़ना चाहिए हरित पटाखें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के स्थान पर कुछ नए हरित पटाखें विकसित किए हैं इनसे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में सीएसआईआर द्वारा विकसित अनार पेंसिल और चक्करी जैसे अधिक मांग वाले पटाखे दिखाए उन्होंने घोषणा की कि ये पटाखे अब विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध हैं सीएम पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि इस योजना में प्रदेश के ऐसे किसान परिवार जिन्हें पहले दूसरे और तीसरे किश्त की राशि स्वीकृत किया जाना शेष है उन्हें जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए मुख्यमंत्री ने श्री तोमर को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपये तीन समान किश्तों में दिया जाना है इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ में कल पांच अक्टूबर तक अट्ठारह लाख सोलह हजार आठ सौ इकयासी किसान परिवारों की प्रवृष्टि की गई है लेकिन अभी तक पहली किश्त में तेरह लाख सतहत्तर हजार चार सौ सैंतीस दूसरी किश्त में चार लाख चौदह हजार अट्ठाईस और तीसरी किश्त में तेईस हजार आठ सौ उनसठ किसान परिवारों को राशि दी गई है समीक्षा बैठक राज्य में हाथकरघा वस्त्रों की रंगाई में वनस्पति रंगों जैसे मेहंदी अनार हर्रा कत्था बबूल के छिलके और प्याज के रस से निर्मित रंगों का प्रयोग किया जा रहा है इन वस्त्रों को देश और विदेश में पसंद किया जाता है और इसकी अच्छी मांग है यह जानकारी कल छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास और विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की समीक्षा बैठक में दी गई बैठक में ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने संघ के कामकाज और संचालित योजनाओं की जानकारी ली इस अवसर पर गुरू रूद्रकुमार ने अधिकारियों से कहा कि हाथकरघा वस्त्रों के निर्माण और उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाए उन्होंने कहा कि वस्त्रों के लिए रंगों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले वनोपज को आदिवासी अंचलों से ग्रामोद्योग विभाग खरीदी करें ताकि आदिवासी अंचलों में रोजगार उपलब्ध हो सके भूखंड रजिस्ट्री राज्य सरकार द्वारा पांच डिसमिल से कम क्षेत्रफल के भू खंडों के पंजीयन की अनुमति देने और रजिस्ट्री शुल्क में तीस प्रतिशत की छूट देने से लोगों को बड़ी राहत मिली है राज्य में इस वर्ष एक जनवरी से तीस सितंबर तक इकहत्तर हजार छह सौ बयासी छोटे भू खंडों की रजिस्ट्री हुई है इससे राज्य सरकार को छह सौ पांच करोड़ नब्बे लाख रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है

इस मौके पर श्री बधेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के विचारों का गहरा प्रभाव रहा है उन्होंने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में बिता दिया उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद ने नारायणपुर आश्रम की स्थापना कर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने में अहम भूमिका निभाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पाटन नगर पंचायत के विकास के लिए पांच करोड़ पचहत्तर लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया

बीते दो अक्टूबर को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती मनाई गई बापू के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सालभर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से भी महात्मा गांधी की अनेक यादें जुड़ी हुई हैं बापू ने दो बार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में दौरा किया था बापू की ये दोनों यात्राएं कब हुई थी इनके उद्देश्य क्या थे और इनसे जुड़े रोचक संस्करणों को जानने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक शशांक शर्मा से इस बातचीत के पहले भाग का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे दूसरा और अंतिम भाग कल प्रसारित किया जाएगा गांधी विचार पदयात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर गांधी विचार पदयात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में पदयात्रा ग्राम भुसरेंगा से आगे बढ़ी पदयात्रा ग्राम सिहाद से होते हुए भखारा पहुंची जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा शामिल हुई पदयात्रा के दौरान ग्राम चोरभट्टी भेंडरवानी देवरी और भखारा में सभा का आयोजन किया गया सभा को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा और भाईचारे के रास्ते पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा करने का आहवान किया महाअष्टमी आज शारदेय नवरात्र की महाअष्टमी है इस मौके पर देश प्रदेश के विभिन्न भागों में महाष्टमी श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है आज के दिन महागौरी के रूप में शक्ति की उपासना की जाती है शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है रायपुर के महामाया मंदिर कालीमाता शीतला बंजारी आदि मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा मंदिरों और दुर्गोत्सव समितियों के साथ साथ व्रत उपवास रखने वाले श्रद्वालुओं ने कन्याभोज भी कराया नौ दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि पर्व में भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत विभिन्न रस्में निभाई जा रही है आज रात्रि निशा जात्रा की रस्म विधि विधान के साथ पूरी की जाएगी

यह स्पेशल ट्रेन नवरात्रि दशहरा और दीपावली पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है यह फास्ट पैसेंजर स्पेशल ट्रेन छब्बीस फेरों के लिए शुरू की गई है यह ट्रेन आगामी इकतीस अक्टूबर तक चलाई जाएगी

यह अवकाश चित्रकोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत स्थित कार्यालयों में लागू होगा

इस हादसे में डिंडोरी में पदस्थ जज सहित परिवार के सात सदस्य घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है